दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेता प्रदेष की विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में चुनावी सभाएं कर रही हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों पार्टियां चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड रही हैं

कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी सम्बोधित किया

उन्होंने आजादी के बाद से देश में कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए कार्यो का ब्यौरा दिया

श्री गहलोत ने शाम को बारां जिले के अन्ता में भी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा की

इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किये उन्हें पूरा नहीं किया श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है

कुछ दिन पूर्व भाजपा में शामिल हुए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आज लगभग एक दर्जन गांवों में जन सम्पर्क किया इस दौरान मीडिया से बातचीत में कर्नल बैंसला ने कहा कि भाजपा ने देश का स्वाभिमान बचाया है उन्होंने कहा कि आज देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने बताया कि आम चुनावों में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है

सतरंगी सप्ताह के तहत आज टोंक जिले के सोप निवाई और मालपुरा में महिला मार्च निकाल कर मतदान की अपील की गई अजमेर में महिलाओं की रैली निकाली गई रैली में महिलाओं ने मतदान करने के लिए हाथों में नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी रैली शहर के मुख्य मार्गो से निकाली गई

कई जगह ईवीएम में खराबी की शिकायतें आई लेकिन उन्हें दूर कर मतदान सुचारू कराया गया मतदान शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना वोट अहमदाबाद के एक बूथ पर डाला और कहा कि वोटर आईडी आतंकवादियों के आईईडी से अधिक शक्तिशाली है

आज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भाजपा अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव सहित कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा

सभी बालक बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनबाड़ी और विद्यालयों से जोड़ा जाएगा

मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने यह पुरस्कार प्रदान किए

विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर कपिल शर्मा द्वारा तैयार नाटक थियेटरों थियेटर थियेटरे ग्रीक अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा के नाटकों का हिन्दी रूपान्तरण है